प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बड़ी तेजी से विकास कर रहा है और प्रवासी भारतीयों की छवि सभी देशवासियों के लिए गर्व का विषय है केन्द्र सरकार ने नवसूजित केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित भारत का नया मानचित्र जारी कर दिया है

गृह मंत्रालय के अनुसार नये केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में पिछले जम्मू कश्मीर राज्य के दो जिले करगिल और लेह शामिल हैं शेष जिले नये केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हैं राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कल से स्मॉग छाया हुआ है बताया जा रहा है कि हवाओं का रूख बदलने के कारण पूर्वी राजस्थान के आसमान में यह स्थिति बनी हुई है इघर केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी पक्षों को मिलकर प्रयास करने होंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कल जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पचपद्रा में तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों पर समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सरकार उन पात्र गरीब परिवारों को भी घर बनाने के लिए राशि देगी जो पहले योजना की स्थायी वरीयता सूची से वंचित रह गए थे इस संबंध में कल घोषणा की गई

राज्य सरकार ने इस साल की शुरूआत में पत्र लिखकर केन्द्र से प्रदेश में वंचित परिवारों को सहायता राशि देने की गुजारिश की थी केन्द्र ने इस पर सशर्त मंजूरी दे दी है प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गुलाबी ठण्ड का दौर जारी है इस बीच कई जगह बारिश होने से सर्दी का असर बढ़ गया है

सीकर बूंदी और जैसलमेर में भी आज सुबह हुई बारिश से सर्दी का असर ओर बढ़ गया है